विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने बैठकें कर सत्र के लिए बनाई रणनीति

यिकास कार्यो की गृणयत्ता पर होगी कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित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

इस ऑनलाईन प्रणाली के शुरू हो जाने से अब प्रदेश के लोगों को ड्राईविंग लाइसेंस पंजीकरण प्रणाम पत्र वाहन की पासिंग आरसी और परमिट जैसे कार्यो के लिए विमाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस मौके पर कहा कि पिछले कृछ यर्षो से तकनीक ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है और कोरोना काल के दौरान तकनीक के उपयोग से आयश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हुई उन्होंने कहा कि अभी तक ई परियहन सुविधा शिमला य कांगड़ा जिलों में पायलट आधार पर चल रही थी ये योजना लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है इसी के चलते सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जयराम ठाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कोरोना महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निमाई है

इसके अलाया पिछले सत्र की भांति बजट सत्र में भी दर्शकों के आने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी

अधिकांश प्रश्न बढती महंगाई बेरोजगारी सडकों की स्थिति शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों पर्यटन परिवहन प्रणाली और सौर ऊर्जा को लेकर पूछे गये है विपिन सिंह परमार ने कहा कि कोरोना के इस दौर में बजट सत्र आयोजित करना एक चुनौती है ऐसे में बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी को भी विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी विपिन परमार इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सभी दलों से बजट सत्र के दौरान रचनात्मक सहयोग की अपील की है आज विधानसभा संचिवालय में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा उन्होंने सदस्यों से जनहित के मुददे उठाने की अपील की इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने हिस्सा लिया विधानसभा अध्यक्ष ने बाद में राजभवन जाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मेंट की तथा उन्हें बजट सत्र के बारे में अवगत करवाया मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनहित के मुददों को उठाने के लिए विपक्ष हरसंभव विकल्पों का इस्तेमाल करेगा ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके अग्निहोत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष बजट सत्र के दौरान महंगाई फिजुल खर्ची प्रदेश पर बढते कर्ज के बोझ भ्रष्टाचार अवैध खनन अपराध फर्जी डिग्री कांड कोरोना महामारी से सफलता पूर्वक न निपट पाना और भर्तियों में धांधली के मुददों को प्रमुखता से उठाएगा उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लगातार फिजूल खर्ची कर रही है और जनता पर बोझ डाला जा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कर्मचारियों से किया एक भी यायदा पुरा नहीं किया है

बजट महापौर सत्या कौडल ने पेश किया अगले वित्त यर्ष के बजट में नगर निगम ने शहर में शराब पर सैस दो रूपये से बढ़ाकर पांच रूपये प्रति बोतल कर दिया है

इन करों के बढ़ने से शहर की जनता पर महंगाई की मार और बढ़ जाऐगी शिमला में प्रवेश पर ग्रीन टैक्स की योजना को फिर से बजट में शामिल किया गया है इस बीच कांग्रेस ने नगर निगम शिमला के बजट को दिशाहिन बताते हुए इसे शहर वासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला बताया है माकपा नेता य पूर्व महापौर संजय चौहान ने कहा है कि नगर निगम का बजट आम जनता पर बोझ डालने याला है और पार्टी इसका विरोध करती है यीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री यीरेन्द्र कंयर ने कहा है कि पंचायतों में विकास कार्यो की गुणवत्ता पर प्रतिनिधियों के साथ साथ विमागीय कर्मचारियों की जयाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी कंवर आज बंगाणा में नवनिर्याचित प्रतिनिधियों के लिए आयोजित कार्यशाला के दौरान बोल रहे थे उन्होने कहा कि अगर गुणवत्ता में कमी या कोताही पाई गई तो कर्मचारियों य अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाही की जाएगी पदमश्री पदमश्री पुरस्कार से सम्मानित रैबीज विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश भारती को सर्पदंश के नियंत्रण और रोकथाम के लिए विश्व स्यास्थ्य संगठन ने अपने पैनल में रणनीतिक विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया है सर्पदंश प्रबंधन पर उनकी विशेषज्ञता को स्वीकारते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों के नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ सेवाएं और जानकारी लेने का निर्णय लिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह समय समय पर डॉक्टर भारती की अपनी विभिन्न परियोजनाओं में सहायता लेंगे और उनकी तकनीकी जानकारी का भी इस्तेमाल करेंगे

धमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है धूमल आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के माता टोणी देवी परिसर में प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्हॉने लोगों से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्किल डेवलपमेंट की विभिन्न योजनाओं का लाम उठाने की भी अपील की उन्होंने बाद में कामगारों को सोलर लाईट और इंडक्शन चुल्हे भी आयंटित किए निधि समर्पण श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी निधि समर्पण अभियान के तहत आज राजधानी शिमला में पत्रकारों ने निधि समर्पण कर प्रमु श्री राम के प्रति श्रद्धा समर्पित की विश्य संवाद केन्द्र शिमला में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व हिन्दू परिषद प्रांत संगठन मंत्री नीरज दौनेरिया और अभियान प्रांत प्रचार प्रमुख महीघर प्रसाद मौजूद रहे इस दौरान प्रैस क्लब शिमला के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज उपाध्यक्ष पराक्रम चन्द कोषाध्यक्ष उज्जवल शर्मा रमेश ठाकुर कमल ठाकुर अनिल ठाकुर प्रीति मुकुल राजेश कौंडल रविन्द्र जस्टा अमिषेक शर्मा कुलदीप शर्मा चमन शर्मा और प्रकाश भारद्वाज ने निधि समर्पण किया

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी चार नगर निगमों में होने याले चुनायों के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि भाजपा ग्रामसभा से विधानसभा का संकल्प ले कर चली है